प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार वाराणसी का विकास सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है ताकि इससे पूर्वी भारत के विकास के द्वार खुल सकें

प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को पूर्वी भारत क चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने जा रही है

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्य शहर के लिए बाहरी मार्गों के साथ ही नई सड़कों के निर्माण की जानकारी देते हुए श्री मोदी ने बताया वाराणसी शहर के भीतर और वाराणसी को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है उनको विस्तार दिया जा रहा है वाराणसी हनमना यानी नेशनल हाइवे नम्बर सेवन वाराणसी सुलतानपुर मार्ग वाराणसी गोरखपुर सेक्शन वाराणसी हंडिया सड़क संपर्क भी हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी सुंदर हो गया है और अब आसानी से वहां पहुंचा जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन अवसर पर सबकी नजरे काशी की ओर होंगी उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रवासी भारतीयों का अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचय कराएं दुनिया भर में बसे भारतीयों का कुम्भ यहां काशी में लगने वाला है और इसके लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है लेकिन आपका सहयोग भी आवश्यक होगा एक एक काशीवासी को इसके लिए आगे आना होगा काशी की गली गली नुक्कड़ चौराहे पर बनारस का रस बनारस का रंग बनारस की सांस्कृतिक विरासत नजर आनी चाहिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले चार वर्षो में वाराणसी में अनेक सरकारी योजनाओं को लागू करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद ने नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि भारत महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और प्रदेश विकास की नई नई ऊँचाइयों को छू रहा है श्री योगी ने न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री के मार्ग दर्शन में कार्य करने का संकल्प लिया बाइट इन चार वर्षो में जिस गति से यह सब योजनाएं आगे बढ़ी है मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी के लोकप्रिय सांसद का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनन्दन स्वागत करता हूं आज काशी में तीन हजार से अधिक मजरों के विद्युतीकरण की योजना को आगे बढ़ाने और सम्पूर्ण काशी के प्रत्येक घर पर इस जनपद के प्रत्येक घर तक विद्युत की लाइन पहुंचाने और उन्हें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के एक बड़े कार्यक्रम का शुभारम्भ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत अभिनन्दन करता हूं उत्तर प्रदेश और ये देश विकास की नई नई ऊँचाइयों को प्राप्त कर रहा है भारत दुनिया के महाशक्ति के रूप में उभर रहा है इस विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया के उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब उनके मार्ग दर्शन में कार्य करने के प्रति अपने आपको संकल्पित करते है

उन्होंने कहा कि काशी क्षेत्र में पर्यटन सहित कई योजनाओं पर तेजी से काम किया गया है प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत से जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई दी हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज काशी की जनता से मुखातिब हुए और पिछले साढ़े चार सालों में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा दिया

इस स्कीम के तहत खम्बों पर लटकने वाले तारों को अंडर ग्राउंड कर दिया गया है जिससे बिजली की चोरी और वोल्टेज अनियमित्ता से राहत मिलेगी आज ही अटल इंक्यूवेशन सेन्टर का भी उद्घाटन किया गया जो प्रदेश में अपने तरह का इकलौता सेंटर है

प्रधानमंत्री ने हनी मिशन के तहत पांच सौ मधुमक्खी के बक्सों और कुम्हारों तथा कलाकारों के लिए इलेक्ट्रानिक मशीनों का वितरण भी किया प्रधानमंत्री ने बीएचयू में बनने वाले वैदिक विज्ञान केन्द्र और क्षेत्रीय नेत्र केन्द्र की आधारशिला भी रखी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी कानून और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत न्याय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आज स्वच्छता की शपथ दिलाई

श्री जावडेकर ने कहा कि ये पुरस्कार यह सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं कि स्वच्छता के प्रति लोगों के व्यवहार में निरंतर परितर्वन होता रहे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

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना के संशोधित मार्गदर्शी योजना को मंजूरी दी जिसके अन्तर्गत योजना व्यय से निर्माण होने वाली परिसम्पत्तियों को पुर्न प्रभाषित किया गया जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से ग्यारह क्षेत्र आच्छादित होंगे इसके तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों महाविद्यालयों राजकीय पालिटेक्निक विद्यालयों तथा राजकीय आईटीआई के भवनों का निर्माण स्वास्थ्य भवनों का निर्माण एवं विस्तार लघु सिंचाई वनीकरण जल निकासी कार्यक्रम विद्युतीकरण एवं उसका विस्तार शहरों में प्रकाश व्यवस्था सड़कों का निर्माण तथा चौड़ीकरण सेतु का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में नये सड़कों का निर्माण एवं पुनः निर्माण न्यायालयों में चैम्बरों का निर्माण तथा अन्य पूंजीगत कार्य जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा चयनित किया जायेगा मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए न्यनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति के निर्धारण को मंजूरी दी धान का समर्थन मूल्य सत्रह सौ पचास रूपये तथा ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य सत्रह सौ सत्तर रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है धान क्रय का लक्ष्य इस वर्ष पचास लाख मीट्रिक टन रखा गया है मंत्रिमंडल ने अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में स्वच्छता से संबंधित बड़ी कार्य योजना को मंजूरी दी जिसके अन्तर्गत बड़ी संख्या में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त करने और कूड के प्रबंधन की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान है केन्द्र सरकार ने मुजफ्फरनगर शहर के लिए सीएनजी और पीएनजी गैस को मंजूरी दे दी है जिले के सांसद संजीव बालियान ने इस योजना पर काम करने वाली आई जीएल कम्पनी के अधिकारियों की मौजूदगी में इसकी घोषणा की श्री बालियान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि पीएनजी गैस एलपीजी गैस से काफी सस्ती पड़ेगी पाइप लाइन के माध्यम से घरों के साथ उद्योगों और व्यवसायी प्रतिष्ठानों पर भी गैस उपलब्ध कराई जायेगी

उन्होंने बताया कि मई दो हजार उन्नीस से लोगों को सीएनजी और पीएनजी पाइप लाइन के माध्यम से गैस मिलना शुरू हो जायेगी मुजफ्फरनगर प्रदेश में गैस पाइप लाइन की सुविधा पाने वाला छठा शहर बन गया है